मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड माहामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा महामारी के बारे में वर्च्अल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे बाइट अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी वहीं साइंटिफिक अप्रोच वहीं सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ सभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समूदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा

श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टोकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्ति शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है बाइट कोल्ड चैन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नये प्रकल्प भी चल रहे हैं

भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है को विन जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इनफॉरमेशन रहेगी श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाये जायेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी प्रदेश में विधान परिषद अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों में से भाजपा ने तीन सीटें जीत ली हैं आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार समाजवादी पार्टी ने एक सीट हासिल की है जबकि दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लडा है भाजपा ने लखनऊ मेरठ और बरेली मुरादाबाद अध्यापक सीट जीती हैं जबकि समाजवादी पार्टी वाराणसी सीट पर विजयी रही उधर आगरा और गोरखपुर फैजाबाद सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की है

गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विजय हासिल की पांच मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती जारी है

बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुददों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है श्री तोमर ने कहा कि बातचीत का अगला दौर शनिवार को होगा कृषि मंत्री न किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जायेगा आज नौसेना दिवस है यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल चार दिसंबर को मनाया जाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्रा मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं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

प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के विशेष अवसर पैदा करने के लिये कल से मिशन रोजगार नामक विशेष अभियान शुरू किया जायेगा इस संबंध में राजस्व परिषद कृषि उत्पादन आयुक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सभी विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं यह जानकारी देते हुए लखनऊ में आज मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों संगठनों स्वयं सेवी संस्थाओं निगमों परिषदों बोर्ड तथा राज्य सरकार के विभिन्न स्थानीय निकाय और औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल है उन्होंने बताया कि इस अभियान में दिये गये विभिन्न कार्यो के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य याजना बनाई जायेगी और उसे कार्यमूर्त देकर राज्य में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पचास लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में स्थिति पहले से बेहतर है लेकिन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता ह

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल स्वास्थ्य विभाग का एक ऐप मेरा कोविड केन्द्र लांच करेंगे जिससे लोगों को कोविड टेस्ट करवाना और भी सुगम हो जायेगा बाराबंकी जनपद के निन्दूरा ब्लाक अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिंडसावां में आज मिशन शक्ति मिशन प्रेरणा कायाकल्प योजना और राज्य सरकार के कार्यो को बल देते हुए स्थानीय विधायक कुर्सी साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वेटरों का वितरण किया खंड शिक्षा अधिकारी निन्दूरा अखिलेश कुमार द्वारा संयोजित इस कार्यक्रम का संचालन उमाकांत पाण्डेय द्वारा किया गया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये अधिकतम दो हजार दो सौ पचास करोड़ रूपये की सीमा निर्धारित की गई है जिसके सापेक्ष बैंकों से दो हजार तीन सौ करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि इस कार्य के लिये एक बैंक कन्सोशियम के गठन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है इस कार्य हेतु आज बैंक आफ इंडिया द्वारा पांच सौ करोड़ रूपये राशि का ऋण स्वीकृति पत्र उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी को उपलब्ध कराया गया है